श्री शाह सीकर पहुंच गये है

इस अवसर पर केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड भी उपस्थित रहेंगे बाद में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बीकानेर के मेडिकल कॉलेज ग्राउंड में संभाग स्तरीय अनुसूचित जाति सम्मेलन को संबोधित करेंगे

इन फसलों का विपणन अगले वित्त वर्ष के दौरान किया जाएगा नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कल शाम संवाददाताओं से बातचीत में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत से बहत अधिक है

केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह फैसला किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में उठाया गया एक कदम है

मंत्रिमंडल ने भारतीय रेल स्टेशन विकास निगम को रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास को भी मंजूरी दे दी है इस निर्णय से रेलवे स्टेशनों पर बड़े पैमाने पर आध्र्निकीकरण और विश्वस्तरीय सुविधाएं सुनिश्चित होंगी

इस कार्यकम के तहत पात्र किसानों के लिये जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की शाखा में शिविर आयोजित किये जायें गे

रिजर्व बैंक ने नीति में ढील देते हुए सरकारी खुदरा तेल विक्रेता कंपनियों को विदेशों से दस अरब डॉलर तक उघार लेने की अनुमति दी है

मंत्रालयिक कर्मचारियों की हड़ताल से सरकारी कार्यालयों में होने वाले कामकाज पर भी व्यापक असर पडा है